नए कृषि काननों का विरोध करने वालों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग नहीं चाहते कि किसानों को विकास का फायदा पहंचे

इससे पहले केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने नमामि गंगे मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि प्रोजेक्ट के तहत गंगा किनारे बसे चार हजार छह सौ गांवों को निर्मल गांव बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में इस आन्दोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने उचित दूरी रखने और भीड़ भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा स्वायत्त शासन विभाग इस जागरूकता अभियान का नोडल विभाग होगा इसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा युवा मामले और पुलिस विभागों के साथ साथ एनसीसी एनएसएस स्काउट एण्ड गाइड नेहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों के युवाओं स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों सामाजिक और सामुदायिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा आन्दोलन का संचालन गांधीवादी तरीके से समझाइश कर सार्वजनिक स्थानों पर हेत्थ प्रोटोकॉल की पालना करने और करवाने के रूप में किया जाएगा श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कम से कम एक महीने तक मास्क पहनने और उचित दूरी बनाने के संकल्प के साथ यह अभियान वास्तव में जनता का आंदोलन होना चाहिए जनता ही इसे आगे बढ़ाए

इससे पहले कल सरपंच और पंच पदों के लिए पहले चरण का मतदान हुआ

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का आभार जताया

इसका उद्देश्य हृदय रोगों और संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है

प्रदेश में भी इस अवसर पर दिल की बीमारियों के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं